राज्य में विमिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वंचित रहे चौदह लाख इक्कीस हजार से अधिक लोगों को दी जायेगी पेंशन लखनऊ में छब्बीस अक्टूबर से तीन दिवसीय कृषि कृंम का होगा आयोजन उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में कम प्रद्रषण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को मंजूरी दे दी है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 न्यायालय ने ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा निर्घारित सीमा से अधिक प्रद्षण वाले पटाखों की ऑन लाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी इन आदेशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर अंवमानना की कार्रवाई की जायेगी न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि केवल निर्धारित सीमा तक आवाज करने वाले पटाखों की क्रिकी की जा सकेगी न्यायालय ने केन्द्र से दिल्ली और एन सी आर क्षेत्र में दिवाली और अन्य त्यौहारों के दौरान एक साथ मिलकर पटाखे छोड़ने को बढ़ावा देने को भी कहा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 उच्चतम न्यायालय सबरीमला फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तेरह नवम्बर को सुनवाई करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने बताया कि इस सिलसिले में राष्ट्रीय अयपा श्रद्वालु संघ और अन्य लोगों की ओर से दायर कुल उन्नीस पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई होनी है इक्कतीस अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले समारोहों की तैयारियां जोरों पर हैं इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और संगठन देशमर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करेंगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले कल सेवा निवृत्त हो गये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 प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एलवेंकटेश्वर लू ने मतदाता सूवियों में महिलाओं का प्रतिशत कम होने पर विंता जताई है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 कुछ मौ बाप अपनी लड़कियों का नाम वोटर लिस्ट में इसलिए नहीं जुड़वाते कि वह शादी के बाद ससुराल चली जायेंगी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

प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा है कि जिन गन्ना किसानों ने अपने भू जोत और गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में निर्घारित प्रारूप पर घोषणा पत्र अभी तक नहीं दिया है वह किसान संबंधित गन्ना सभिति परिषद कार्यालय में तीस अक्टूबर तक अपना विवरण अवश्य जमा करा दे यदि गन्ना किसान यह घोषणा पत्र जमा नहीं करते तो सट्टा पर्वी बंद करते हुए उन्हें पेराई सत्र दो हजार अट्ठारह उन्नीस के दौरान गन्ना आपूर्ति से वंवित कर दिया जायेगा और उन्हें किसी भी चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकेगी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 इन पेंशन योजनाओं में पति की मृत्यू के बाद निराश्रित महिलाओं वुद्वावस्था पेंशन किसान पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के तहत छूटे हुए लामार्थियों को शामिल किया जायेगा इनमें से तीन लाख छियानये हजार दो सौ उन्हतर निराश्रित महिलायें पेंशन के लिए चिन्हित की गई है क्रद्वावस्था और किसान पेंशन के तहत नौ लाख चार हजार छह सौ नौ लोगों को विन्हित किया गया है चिन्हित लामार्थियों को फार्म भरवा कर सत्यापन के बाद शीघ्र ही योजना का लाम दिया जायेगा लखनऊ में छबीस अक्टूबर से तीन दिवसीय कृषि कुंम सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा इस कृषि कुंम में किसान तथा राष्ट्रीय और अतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि यह आयोजन गन्ना शोघ संस्थान में किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विषयों पर चौदह सत्र आयोजित किये जायेंगे कार्यक्रम में कृषि से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जायेगा आयोजन स्थल पर कृषि से संबंधित यंत्र बनाने वाली कम्पनियां भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेगी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

कल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आयोजित एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि गरीबों में गर्मवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है इस अवसर पर स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में काम कर रहे राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी चर्चा में हिस्सा लिया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 प्रोफेसर जोशी ने इस मैके पर तीन महिला ग्राम प्रवानों को सम्मानित किया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 इनमें से दो चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों तथा चौदह ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी विश्वेन्द्रनाथ द्विवेदी ने बताया कि सभी अस्पतालों के लिए भूमि चिन्हित कर के शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है नये चिकित्सालय खूलने के बाद जनपद में होम्योपैथिक पद्वति के तीस चिकित्सालय हो जायेंगे अश्विन मास की शरद पूर्णिमा आज श्रद्वा और भक्ति भाव के वातावरण में मनाई जा रही है श्रद्वाल् आज पवित्र नदियों सरोवरो में स्नान कर के दान पुण्य कर रहे है मान्यता है कि आज के दिन चन्द्रमा अपनी सोलह कलांओ से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं मुजफरनगर स्थित सहकारी क्षेत्र की चीनी मिल मौराना अट्ठाईस अक्टूबर और भैसाना चीनी मिल उन्तीस अक्टूबर से पेराई शुरू कर देंगी